एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आए लोगों को पूरी सावधानी के साथ संस्थागत क्वारंटीन केन्द्रों में रखा जा रहा है और जांच के बाद रिपोर्ट नैगेटिव आने पर ही उन्हें घर जाने की अनुमति होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापिस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और ऐसे में इन लोगों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहर से आए लोग अगर नियमों का पालन करेंगे तो प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा

आकाशवाणी समाचार के जरिये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सामुदायिक रेडियो को परिवर्तन का संवाहक बताया केन्द्रीय मंत्री कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनायेगा उन्होंने इन रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया कि वे स्थानीय स्रोतों से सूचनाओं का सत्यापन कर फेक न्यूज के खतरे से निपटने में मदद करें निलंबन राज्य सरकार ने शिमला जिला के रोहड् स्थित बखीरना में पब्बर नदी पर बने डबल लेन पुल के निर्माण में उचित पर्यवेक्षण और निगरानी में लापरवाही के लिए रोहड् मंडल के तत्कालीन अधिशाषी अभियंता रवि भट्टी को निलंबित कर दिया है लोकनिर्माण विभाग के प्रधान सचिव जेसी शर्मा ने बताया कि इसके अलावा लोक निर्माण विभाग रोहड् के सहायक अभियंता नरेंद्र सिंह नाइक और कनिष्ठ अभियंता विजय कुमार को भी निलंबित किया गया है

उन्होंने कहा कि पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये निलंबन किया गया है

मंडी से जिला संवाददाता अंक्श सूद के मुताबिक तीन लड़भड़ोल और एक सरकाघाट से कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि आज हुई है ये सभी मुंबई से लौटे हैं और संस्थागत क्वारंटीन में रखे गए थे

कांगड़ा जिला संवाददाता संदीप कमार ने बताया कि थुरल और ज्वाली के भरमाड़ से एक एक कोरोना पॉजिटिव मामला पाया गया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है घूस मांगने के आरोपी स्वास्थ्य निदेशक के देश के कई बैंकों में खाते

पंजाब केसरी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के हवाले से लिखता है हिमाचल में स्थिति सामान्य होने पर ही खोले जाएंगे स्कूल दैनिक भास्कर का कहना है प्राईवेट स्कूलों की फीस पर कैबिनेट में फैसला आज हिमाचल दस्तक लिखता है हमें स्कूल खोलने की कोई जल्दी नहीं जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं ट्रांसपोर्ट स्कूल फीस पर आज आएगा फैसला आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है क्वारंटीन केन्द्रों में और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं जबकि अमर उजाला का शीर्षक है घर से नहीं निकल सकेंगे टीबी अस्थमा के मरीज